राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी प्रक्षेपण को देखने के लिए श्रीहरिकोटा में थे

प्रदेश में अब शराब में मिलावट करने वालों पर सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगेगा इसके अलावा शराब की दुकान का लाइसेंस भी फौरन समाप्त कर दिया जायेगा

इसके साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के तहत नगर निगम लखनऊ और गाजियाबाद को म्यूनिसपल बॉण्ड निर्गत करने को भी मंजूरी दी गयी

भारतीय जनता पाटी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री कलराज मिश्र को हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है वह आचार्य देववत का स्थान लेंगे जिन्हें गुजरात का राज्यपाल बनाया गया है श्री मिश्र पिछली केन्द्रीय सरकार में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री रह चुके हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कलराज मिश्र को राज्यपाल नियुक्त किये जाने पर उन्हें बधाई दी है प्रदेश भाजपा प्रवक्ता हरीश चन्द्र श्रोवास्तव ने भी कलराज मिश्र को शुभकामनायें दी हैं और उनकी नियुक्ति पर हर्ष व्यक्त किया है राज्य में कल से चार दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस मीट का आयोजन किया जा रहा है

ये मीट सोलह से बीस जुलाई तक रहेगा और यहां कई स्थानों पर मीट का आयोजन किया जायेगा

मैं यहां यह बताना चाहता हूँ कि यह ऑल इंडिया पुलिस मीट पुलिस की शारीरिक दक्षता के साथ साथ विज्ञान कौशल और व्यवसायिक दक्षता के लिए भी महत्वपूर्ण है इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पूलिस टीम को इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है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

कौशल भारत योजना की आज चौथी वर्षगांठ मनाई जा रही है इस अवसर पर देश और प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया

इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर वर्ष करीब एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है

मेरठ के आईटीआई में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें यहां विभिन्न तकनीकी ट्रेडों में प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों द्वारा तैयार किये गये मॉडल को प्रदर्शित किया गया वक्ताओं ने कौशल विकास प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए देश की उन्नति में उसके महत्व पर पकाश डाला बरेली में कौशल विकास केन्द्र के माध्यम से लड़कियों को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण देकर उन्हें हुनरमंद किया जा रहा है ठिरिया निजावत खान स्थित कौशल विकास केन्द्र की छात्रा मोईन फातिमा इस कार्यकम की सराहना करते हुए कहती हैं

मैं यहां सिलाई सेन्टर आती हूॅ सीखने के लिए जो सरकार की तरफ से इससे हमें काफी फायदा मिल रहा सीखने को जिससे हम कुछ आगे बढ़कर कुछ कर सकते हैं सीख कर अपने घर पर भी काम कर सकते हैं यहां पर हमें जो पन्द्रह सौ रूपये मिलते हैं महीने पे उससे जो हम अपना कपड़ा या सामान खरीदते हैं तो उसका खर्चा निकल जाता है यहां पर हमने काफी चीजें सीखी हैं फैशन डिजायनिंग की जो कुर्ती होती है और सूट शलवार जो होती है यह सब सीख है मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो हम जैसी लड़कियां हैं जिसके पास कुछ काम नहीं है वह सीख कर कुछ कर सके